इनमें हॉटस्पॉट रहित क्षेत्रों में बीस अप्रैल से अधिसूचित सेवाओं में कुछ ढील दी गई है लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रसारण डीटीएच और केबल सेवा सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कार्य करने की अनुमति दी गई है डाटा और कॉल सेंटरों को केवल सरकारी कार्यों के लिए अनुमति होगी सरकार से स्वीकृत जन स्वास्थ्य केन्द्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य की अनुमति होगी ई कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहन आवश्यक अनुमति पत्र के साथ चल सकते हैं कुरियर सेवा शीत भंडार निजी सुरक्षा सेवा लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की मदद करने वाले होटलों को काम करने की अनुमति दी गई है इलेक्ट्रीशियन आईटी कारीगर प्लम्बर मोटर मैकेनिक कारपेंटर जैसी स्व रोजगार सेवाओं की भी मंजूरी दी गई है जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कल शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और लोग घरों में बने मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना भी अब अपराध बना दिया गया है और इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हाटस्पाट को सील किया जाएगा और इन क्षेत्रों के कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस मौके मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिये किये गए प्रबंधों की उन्हें जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके कारण स्थिति नियंत्रण में है कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में कल दो और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं इनमें से एक कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल व द्रसरा चंबा के चुवाड़ी से है ये दोनों पंजाब के जालंधर में काम करते हैं दोनों युवक टांडा अस्पताल में उपचाराधीन हैं

जबकि दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई

अतिरिक्त उपाय़क्त विवेक चंदेल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन निगम की बसों तथा अन्य छोटे वाहनों में इन व्यक्तियों को घर भेजते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है प्रदेश में दो और कोरोना पॉजिटिव पंजाब से आकर कांगड़ा चंबा पहुंचे पंजाब केसरी की सुर्खी है कांगड़ा और चंबा में दो नए कोरोना पॉजिटिव चार दिन पहले पंजाब से लौटे थे दोनों व्यक्ति दैनिक जागरण ने लिखा है जालंधर से आए युवकों ने तोड़ा सुरक्षा चक्र दो कोरोना पॉजिटिव

दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल में कांगड़ा और चंबा निवासी दो पत्रकारों को कोरोना परिवारों को भी आईसोलेट किया

दैनिक भास्कर की खबर है तबलीगी जमात के पहले और दूसरे कॉन्टेक्ट का भी होगा टेस्ट मास्क न पहनने पर होगी कड़ी कार्रवाई दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है जमात से जुड़े युवक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज जानकारी छिपाना पड़ा महंगा द्रदर्शन शिमला से घर पर रोजाना तीन घंटे होगी पढ़ाई दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है

आईजीएमसी अस्पताल में ओपीडी आज से दैनिक ट्रिब्यून की खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल में पांच लाख से अधिक गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी संकट की घड़ी में बुजुर्गों विधवाओं को जयराम सरकार की राहत मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है रोहतांग में बर्फबारी ऊपरी शिमला में ओलों से सेब को नुकसान